कुल्लू जिले के पिरड़ी में राष्ट्रीय रिवर राफि्टंग प्रतियोगिता शुरू

आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धर्मशाला में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम भूमि करने को भी स्वीकृति प्रदान की है इसके अलावा कैबिनेट ने जनहित से जुड़े कई निर्णय भी लिए राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रदेश के लोगों से शुन्य बजट प्राकृतिक खेती अपनाने का एक बार फिर आहवान किया है

ऐसे में शून्य लागत प्राकृतिक खेती किसानों व बागवानों के लिए बेहद फायदेमंद है इस अवसर पर पदमश्री सुमाष पालेकर ने भी रसायन मुक्त खेती पर बल दिया

मिल्कफैड के अध्यक्ष निहाल शर्मा ने आज शिमला में बताया कि नई दिल्ली में परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में इस धनराशि को मंजूरी दी गई

इसके अलावा बलदेव भंडारी को राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को राष्ट निर्माण में लगाने का आहवान किया है सिरमौर जिले के मोगीनंद में आज ग्रामीण युवा खेल उत्सव में उन्होंने कहा कि युवाओं को बाल्यकाल में ही अपना लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दे रही है और प्राथमिकता के आधार पर खेल मैदान बनाए जा रहे हैं अनुराग लोकसभा में भाजपा के चीफ व्हिप और सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर ज़िले को टाटा मैमोरियल अवार्ड मिलने पर खुशी जताते हुए इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि स्वच्छता महिला शिक्षा बाल स्वास्थ्य व पोषाहार के क्षेत्र में हमीरपुर ज़िले ने बेहतरीन कार्य कर देशमर में नाम कमाया है

इस दौरान वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विज्ञान प्रश्नोत्तरी और विज्ञान मॉडल जैसी कई स्पर्धाएं करवाई गई साईस क्विज स्पर्धा में कांगड़ा ने पहला चंबा ने दूसरा और मंडी जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे नवरात्र मेले प्रदेश में इन दिनों शारदीय नवरात्रों की धूम है चौथे नवरात्रे पर आज मंदिरों में मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की गई प्रदेश में स्थित मां दुर्गा के पांच शक्तिपीठों और अन्य मंदिरों में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन कार्यक्रमों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है राज्य के अनेक भागों में इन दिनों रात के समय रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है

गुजरात के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जड़ेजा ने हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देववत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अनावरण समारोह में आने का न्यौता दिया है

इस बीच गुजरात के एक शिष्टमंडल ने आज शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पुस्तिका भेंट की जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में निर्माणाधीन प्रतिमा के बारे में उल्लेख किया गया है रिवर राफ्टिंग कुल्लू जिले के पिरडी में राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

ग्राउंड रिपोर्ट डायलिसिस देशभर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम किडनी की बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत बीपीएल से संबधित रोगियों को निशुल्क डायलिसिल की सुविधा मिल रही है इस कार्यक्रम के तहत सोलन स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में किडनी के हजारों रोगियों को उनके घर के पास लाम भिल रहा है इससे पहले डायलिसिल के लिए रोगियों को पीजीआई चंडीगढ या शिमला जाना पड़ता था

संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला फिल्म फेस्टिवल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में अंतर्राष्टीय फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है सूचना व प्रसारण मंत्रालय और हिमालयन वैलोसिटी संस्था द्वारा इस तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है मंत्रालय के फिल्म डिविजन के महानिदेशक वी एस कुंडू ने इसका शुभारंभ किया

फिल्म फैस्टिवल के आयोजक पुष्पराज ठाकुर ने बताया कि फेस्टिवल में कंडा जेल के कैदियों पर बनाई गई फिल्म बिहाइंड द बार्स को भी दिखाया जा रहा है

ये दर्रा पिछले कल बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था लाहौल स्पीति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने वाहन चालकों से सुबह और शाम रोहतांग दर्रे पर फिसलन को देखते हुए गाड़ियां न चलाने की अपील की है